प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस किश्त को लाभार्थी किसानों के लिए जारी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने खेतों में कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र चार दिन के कांगड़ा प्रवास के बाद वापिस शिमला लौट आए हैं रविवार देर शाम मौसम की खराबी के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया जिसके बाद वे सड़क मार्ग से शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री आज सचिवालय में कार्य निपटाने के साथ ही अधिकारियों के साथ विभागीय बैठकें भी करेंगे

राज्य के ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज शिमला सिरमौर ऊना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा मंडी और सोलन जिलों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी की है

उधर लगातार बारिश के चलते सेब बाहुल क्षेत्रों में सेब तुड़ान और ढुलाई का कार्य भी प्रभावित हुआ है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कांगड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए बयान को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है पंचायती राज चुनाव टाले नहीं जा रहे दिव्य हिमाचल का शीर्षक है नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव सुलह दौरे में सीएम ने किया साफ अमर उजाला के शब्द हैं पंचायत चुनाव समय पर करवाने के पक्षधर

जबकि पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है इन्वेस्टर मीट से तैयार प्लान को छोड़ा नहीं गया हिमाचल दस्तक की खबर है टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी सॉफ्टवेयर से तबादलों की मंजूरी न मिलने पर विकल्प तैयार बोर्डों निगमों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिये कई नेता लगे कतार में शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है मंत्रियों की नियुक्तियों के बाद तैनाती की तैयारी फिट कर रहे गोटियां वन मंत्री राकेश पठानिया के हवाले से पंजाब केसरी ने लिखा है सभी वन कर्मियों को हथियारों से लैस करेगी सरकार निजी पर रोक सरकारी स्कूल घर बैठे बच्चों से ले रहे कम्प्यूटर फीस अमर उजाला की खबर है दैनिक भास्कर ने लिखा है चार सदस्यीय जड़ी बूटी सैल गठित क्लस्टर बना कर लोगों को जड़ी बूटियां उगाने में करेगा मदद प्रदेश के लोगों को समर्थन मूल्य के अलावा कॉस्ट डिफरेंस का भी मिलेगा लाभ पंजाब केसरी की एक अन्य खबर है फर्जी कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेकर दिल्ली से कुल्लू पहुंचे चार लोग दबोचे संस्थागत क्वारंटीन किए